अर्जुन मुंडा नई दिल्ली में प्रत्यक्ष लाभा अंतरण डीबीटी छात्रवृत्ति पोर्टल और एनजीओ अनुदान पोर्टल लॉन्च करने के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे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 यह निर्णय कल खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की अध्यक्षता में हुई एक अन्तर मंत्रालय समिति की बैठक में लिया गया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 आज बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस है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

यह कार्यक्रम का चौवनवां संस्करण होगा मार्ड जीओवी ओपन फोरम के अनुसार श्री मोदी लोगों से जुड़े विषयों और मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं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 नुपेन्द्र मिश्र को फिर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है पीकेमिश्रा को भी फिर से प्रधानमंत्री का अपर प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन दोनों नियुक्तियों की इक्कतीस मई से स्वीकृति दी है ये दोनों नियुक्तियां प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ चलेंगी कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार अपने पद पर बने रहने के दौरान दोनों अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा प्रदेष के विभिन्न भागों में आज गंगा दषहरा का पर्व आस्थापूर्वक मनाया गया श्रद्दालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य किया प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान कर के वहां के मंदिरों में पूजा अर्चना की वहां स्नान का सिलसिला षाम तक जारी रहा वाराणसी के सभी घाटों पर आज गंगा दषहरा पर्व पर श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी सुल्तानपुर जिले में स्थित धोपाप तीर्थ में ब्रम्हमुहर्त से ही श्रद्वालू स्नान तथा पूजा अर्चना कर रहे हैं वहां आयोजित गंगा दषहरा मेले में सुरक्षा के प्रबंध किये गये हैं लखनऊ के मनकामेष्वर घाट पर गंगा दषहरा का पर्व ध्रमधाम से मनाया जा रहा है कन्नौज में गंगा नदी के महादेवी घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान तथा पूजा पाठ कर रहे हैं घाट पर लगे मेले में लोगों की भीड़भाड़ है अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में गंगा दषहरा पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है पीलीभीत में गोमती देवहा और षारदा नदी के घाटों पर मेले आयोजित किये गये हैं तेज धूप के बावजूद भारी संख्या में लोग वहां स्नान तथा दान पुण्य कर रहे हैं